एक बयान में उन्होंने कहा कि इन कानूनों के माध्यम से किसान अपने उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने तक अपने भंडारण में रख पाएंगे और मोल भाव करने की दक्षता भी हासिल कर सकेंगे धूमल ने कहा कि नए कृषि सुधार कानूनों के दूरगामी परिणाम निकलेंगें लाहौल पर्यटन लाहौल स्पिति ज़िले में इन दिनों पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है उपायुक्त पंकज राय ने कल अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल व सिस्सू इलाके का दौरा किया और पर्यटकों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया

उपायुक्त ने बताया कि नॉर्थ पोर्टल के आस पास भी पार्किंग स्थल चिन्हित किया जाएगा बातचीत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में छोटा शिमला स्कूल के दो छात्र भी हिस्सा लेंगे जमा दो कक्षा के इन विद्यार्थियों का चयन फिट इंडिया मुवमेंट के आधार पर किया गया है और इन्हें प्रधानमंत्री से बात करने का मौका भी मिल सकता है फिट इंडिया मूवमेंट की लॉन्चिंग अगस्त माह में की गई थी जिसमें कई तरह की गतिविधियां करवाई गई स्कूल की प्रधानाचार्या नीरा शर्मा ने बताया कि बच्चों को इसकी सूचना दे दी गई है उन्होंने कहा कि यह स्कूल के लिए गर्व की बात है

जबकि जिला शिमला से तीन कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवाई है

अटल प्रतिमा अनावरण की खबर को लगभग सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला के शब्द हैं शिमला के रिज पर अटल की प्रतिमा का अनावरण

हिमाचल दस्तक ने लिखा है प्रदेश में कोरोना से तीन और मौतें पंजाब केसरी के शब्द हैं शांता कुमार परिवार सहित कोरोना संकमित दैनिक जागरण का कहना है पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार व पत्नी कोरोना पॉजीटिव

अमर उजाला के शब्द हैं रोहडू में भीषण अग्निकांड में दस घर जले डेढ़ दर्जन परिवार बेघर आपका फैसला का शीर्षक रोहडू में भीषण अग्निकांड एक दर्जन घर जलकर राख

बिजली मीटर लगाने में गड़बड़झाला शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है इंस्टालेशन चार्जिज में जमीन आसमान का फर्क किसमस को लेकर अमर उजाला लिखता है नौ माह बाद किसमस पर हिमाचल के होटल पर्यटकों से पैक कारोबारियों को जगी उम्मीद

पंजाब केसरी की सुर्खी है किसमस पर पर्यटकों से गुलजार हुए शिमला और मनाली अमर उजाला की सुर्खी है नौ माह बाद किसमस पर हिमाचल के होटल पर्यटकों से पैक सीएम खुद कर रहे सीयू की निगरानी हिमाचल दस्तक की एक खबर है इसी अखबार की एक अन्य खबर है ज्यादा फीस के बाद अब रोस्टर पर सवाल